लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सम्मेलन का शुभारम्भ किया वह राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की अध्यक्ष भी हैं सम्मेलन के पहले दिन ई विधान प्रणाली सहित देश में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने मादक पदार्थों के बढ़ते सेवन दुष्प्रभाव व समाधान पर चर्चा हुई उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का समर्थन करते हुए कहा कि इससे समय और धन की बचत होगी और देश के विकास में गति आएगी उन्होंने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है सुमित्रा महाजन ने हिमाचल की ई विधान प्रणाली की सराहना भी की इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाने पर सहमति जताते हुए कहा कि इससे देश के समय और धन की बचत होगी मुख्यमंत्री ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर शिक्षण संस्थानों सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाने की जरूरत बताई सम्मेलन में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवर पाल सिंह उपाध्यक्ष संतोष यादव गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष निर्मल के सिंह सहित अन्य उपस्थित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए

ये सभी महासू देवता के दर्शन के लिए उत्तराखंड की ओर जा रहे थे हादसा उस समय हुआ जब यात्रियों से भरी एक जीप हाटकोटी कैंची से त्यूणी की ओर जा रही थी और सनेल के पास अनियंत्रित होने के कारण खाई में जा गिरी पुलिस अधीक्षक ओमापत्ती जमवाल ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं वहीं मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है हादसे का कारण चालक की लापरवाही माना जा रहा है राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने शोक संत्पत परिजनों को इस दुख की घड़ी से उभरने व दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी शोक संत्पत परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं आयुष्मान आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना देश में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड की राजधानी रांची से इस योजना का शुभारम्भ करेंगे इस योजना के तहत दस करोड़ से ज्यादा गरीबों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा इस बीच राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर व स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार इस योजना का शिमला से शुभारम्भ करेंगे मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात जबकि अन्य भागों में बीती रात से वर्षा का क्रम लगातार जारी है इससे तापमान में एक से दो डिग्री सैल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है किन्नौर जिले की ऊंची चोटियों पर हिमपात के चलते समूचा जनजातीय क्षेत्र कड़ाके की ठण्ड की चपेट में आ गया रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि भारी वर्षा व हिमपात के चलते जिले के सीमावर्ती छितकुल गांव में फाफरा ओगला और आलू की फसल को भारी नुकसान हुआ है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति की ऊंची चोटियों पर भी हल्के हिमपात का समाचार है कल्लू जिला में रोहतांग दर्रे सहित मनाली की ऊंची पहाड़ियों पर ताजा हिमपात हुआ है जबकि अन्य भागों में वर्षा हो रही है रोहतांग घूमने आऐ सैलानियों ने इस बर्फबारी का खूब आंनद लिया खराब मौसम को देखते हुए उपायुक्त युनूस ने लोगों से एहतियात बरतते हुए नदी नालों के करीब न जाने का आग्रह किया है उन्होंने जिले के ऊपरी क्षेत्रों के लोगों व ट्रैकरों से भी इस दौरान ऊंचे पहाड़ों की ओर न जाने की अपील की है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में कल रात से जोरदार बारिश हो रही है जिससे कई स्थानों पर भूस्खलन से यातायात भी प्रभावित हुआ है चंबा मंडी बिलासपुर सोलन हमीरपुर और कांगड़ा में भी रूक रूक कर वर्षा का क्रम जारी है